विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता अपने अपने प्रत्याशी के पक्ष में वोट हासिल करने के लिये अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं प्रधानमंत्री और भाजपा नेता नरेन्द्र मोदी ने आज एटा में एक चुनावी जनसभा को सम्बोधित किया उन्होंने कहा कि दो चरणों के मतदान के बाद उन्हें बुरा भला कहने वालों की चेहरे उतर गये हैं श्री मोदी ने कहा कि भाजपा सरकार ने देश को आतंकवाद से मुक्त करने का कार्य किया है उन्होंने सपा बसपा के गठबंधन को महामिलावटी बताया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज फर्रुखाबाद के मोहम्मदाबाद के तकीपूर में आयोजित एक जनसभा को सम्बोधित करते हये कहा कि पांच साल पहले तक कॉग्रेस सरकार देश के संसाधनों का दुरूपयोग कर रही थी उसका हर नेता भ्रष्टाचार में लिप्त था प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बीते पांच वर्षो में सबका साथ और सबका विकास के मंत्र पर काम करते हये पूरे देस को विकास की ऊंचाइयों पर पहुंचाया है श्री योगी ने आज ही बिजनौर के बढ़ापुर में भी एक चुनावी सभा को सम्बोधित किया रामपुर में सपा बसपा गठबंधन की ओर से एक चुनावी सभा आयोजित हुयी जिसमें सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और बसपा प्रमुख मायावती मौजूद रहीं उन्होंने कहा कि भाजपा चाहे जितनी भी साजिश कर ले आजम खाँ रामपुर से एतिहासिक जीत दर्ज करेंगे उन्होंने कहा कि बसपा कहने में नही बल्की करने में ज्यादा यकीन करती है अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा की सरकार में युवाओं के रोजगार छिन गये और मेहनत की कमाई चोरी हो गयी उन्होंने भाजपा को जुमलों वाली पार्टी करार दिया दोनों नेताओं ने फिरोजाबाद में भी अपने प्रत्याशी के पक्ष में एक चुनावी जनसभा को सम्बोधित किया कॉप्रेस नेता राजबब्बर और प्रमोद तिवारी ने आज जौनपुर सुल्तानपुर और अमेठी में जनसभा को सम्बोधित किया राष्ट्रीय लोकदल के उपाध्यक्ष जयंत चौधरी ने आज संतकबीरनगर जिले के खलीलाबाद में गठबंधन के प्रत्याशी के सम्थन में आयोजित सभा को सम्बोधित करते हुये कहा कि भाजपा किसानों के लिये कुछ भी नही करती केवल उनके हित की बात करती है साधारण किसान आज भी बेहाल है इस चरण में प्रदेश की दस सीटों पर तेईस अप्रैल को वोट डाले जायेंगे ये सीटें हैं मुरादाबाद रामपुर सम्भल फिरोजाबाद मैनपुरी एटा बदायूँ आंवला बरेली और पीलीमीत लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण के नामांकन पत्रों की जांच आज पूरी हो गयी इस चरण में नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख अट्ठारह अप्रैल थी बाईस अप्रैल तक नामांकन वापस लिये जा सकते है

पांचवें चरण में प्रदेश की जिन चौदह सीटों पर मतदान होने हैं उनमें धौरहरा सीतापुर मोहनलालगंज लखनऊ रायबरेली अमेठी बांदा फतेहपुर कौशाम्बी बाराबंकी फैजाबाद बहराइच कैसरगंज और गोण्डा शामिल हैं लोकसभा चुनाव के छठें चरण के लिये नामांकन प्रक्रिया जारी है इस चरण में प्रदेश के चौदह संसदीय क्षेत्रों में आगामी बारह मई को मतदान सम्पन्न कराया जायेगा छठे चरण में जिन निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले जायेंगे उनमें सुल्तानपुर प्रतापगढ़ फूलपुर इलाहाबाद अम्बेडकर नगर श्रावस्ती डुमरियागंज बस्ती संतकबीर नगर लालगंज सुरक्षित सीट आजमगढ़ जौनपुर मछलीशहर सुरक्षित सीट और भदोही शामिल हैं आजमगढ़ में आज सपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ ने अपना नामांकन दाखिल किया समाजवादी पार्टी ने इलाहाबाद जिले की फूलपुर लोकसभा सीट पर गठबंघन का प्रत्याशी घोषित कर दिया है इस सीट पर पंधारी यादव को प्रत्याशी बनाया गया है फूलपुर सीट पर छठें चरण में बारह मई को मतदान होगा प्रदेश के कानपुर के रूमा क्षेत्र में दिल्ली हावड़ा रेलमार्ग पर आज पूर्वा एक्सप्रेस ट्रेन के बारह डिबे पटरी से उतर गये यह ट्रेन हावड़ा से नई दिल्ली की ओर जा रही थी दर्घटना में एक दर्जन से अधिक लोग घायल हो गये जिनको इलाज के लिये कानपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है इस बीच रेल मंत्रालय ने दुर्घटना की जांच के आदेश दिये हैं रेल आयुक्त सुरक्षा एके जैन इसकी जांच करेंगे सऊदी अरब ने भारतीय हज यात्रियों का कोटा पौने दो लाख से बढ़ाकर दो लाख करने का आदेश जारी कर दिया है आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि इस फैंसले से हज यात्रियों के आवेदनों की प्रतीक्षा सूची समाप्त की जा सकेगी और वे इस वर्ष हज यात्रा कर सकेंगे इस वर्ष फरवरी में सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद विन सलमान ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ एक बैठक में भारत के हज कोटे में पच्चीस हजार की बढोत्तरी करने की घोषणा की थी बस्ती जिले के मखौड़ा धाम से विश्व प्रसिद्व चौरासी कोसी परिक्रमा कल सुबह शुरू हो गयी इस परिक्रमा की शुरूआत श्रद्वालुओं द्वारा मखौड़ा धाम की पौराणिक मनोरमा नदी मे स्नान पूजा अर्चना और विविध अनुष्ठानों के बाद हई परिक्रमा करने वाले सभी श्रद्वाल् बाईस अप्रैल को हनुमान बाग चकोही से चल कर सरयू नदी पार कर के अयोध्या की सीमा में दाखिल होंगे